दूसरे चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर अट्ठारह अप्रैल को बोट डाले जाने हैं ये सीटें हैं नगीना अमरोहा ब्लंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथ्रा आगरा और फतेहप्र सीकरी प्रचार के अन्तिम दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिये समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से चुनावी सभायें और रैलियां की लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गयी इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी छबीस अप्रैल तक इच्छ्क प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण का मतदान बारह मई को होगा छठें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान सम्पन्न होना है उनके नाम हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद आम्बेडकरनगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनप्र मछलीशहर और भदोही अधिसूचना जारी होने के बाद इस चरण के तहत आने वाले लोकसभा सीटों के लिये नामांकन की प्रक्रिया भी आज से श्रू हो गयी पहले दिन प्रतापगढ़ जिले में सपा बसपा गठबंधन के बसपा प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पहले दिन बड़ी संख्या में सम्भावित प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे लोकसभा चुनाव क पाचवें चरण के लिये आज विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने संसदीय सीट के लिये नामांकन दाखिल किया केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लहर है मोदी के प्रति लोगों में काफी उत्साह है

जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता केशव मौर्य कलराज मिश्र सिद्वार्थनाथ सिंह दिनेश शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद थे जो हजरतगंज स्थित पार्टी दफ्तर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट में खत्म हुआ

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपने निर्वाचन हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया है नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के अनुसार गांधीनगर में एक भूमि का ट्कड़ा नरेन्द्र मोदी के नाम है उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को मोदी के हलफनामे में इस जानकारी को छिंपाये जाने पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने आज बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर अड़तालिस घंटे तक चुनाव प्रचार के प्रतिबंध को चुनौती दी है न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल किसी और आदेश की जरूरत नहीं है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने कल मायावती समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाये थे प्रदेश में बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चित्र वाले टिकट जारी करने पर रेलवे के चार कमर्चारियों को निलश्वित कर दिया गया है कृष्ठ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के चित्र वाले टिकट जारी करने के लिए रेलये की आलोचना की थी उच्चतम न्यायालय ने आज वह याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली जिसमें नमाज के लिए मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की अनुमति मांगी गई है न्यायमूर्ति शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पुणे के एक दम्पति द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया न्यायालय का कहना था कि वह केरल के शबरीमला मंदिर मामले में अपने फैसले को देखते हुए इस मामले पर विचार करने को तैयार है पूर्व सांसद अनवार अहमद का कल लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह अट्ठानबे वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे स्वर्गीय अनवार अहमद राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ समाजवादी आन्दोलन में भी शामिल रहे थे